मुख्यमंत्री आज शिमला में एक निजी दैनिक समाचार पत्र समूह द्वारा आयोजित प्राईड ऑफ हिमाचल कार्यकम में बोल रहे थे

उन्होंने लेखक राजा भसीन द्वारा लिखित दो पुस्तकों प्राईड ऑफ हिमाचल और हीडन हिमाचल का विमोचन भी किया उन्होंने कहा कि समाचार पत्र हमें केवल समाचार ही उपलब्ध नहीं करवाते बल्कि अब बड़े सामाजिक दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं

यह उनकी तीसरी बजट पूर्व परामर्श बैठक थी इस दौरान निजी निवेश को प्रभावित करने वाला विनियामक वातावरण बढ़ती सरंक्षणवादी प्रवृत्तियों के बीच निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय औद्योगिक उत्पादन लॉजिस्टिक और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के बीच निर्यात बढ़ाने के बारे में मुख्य रूप से चर्चा हुई राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि पूर्व सैनिकों से जुड़ी समस्यों के प्रति केन्द्र व प्रदेश सरकारें गंभीर हैं और उनके शीघ समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं बंडारू दत्तात्रेय आज शिमला में उनसे मिलने आए राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के पदाधिकारियों और सदस्यों को संबोधित कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि पूर्व सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी हैं जिन पर हमें गर्व है सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार पैंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरवीण चौधरी आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रैत में अखिल भारतीय पैंशनर दिवस के मौके पर आयोजित पैंशनर्ज सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि पैंशनरो का जीवन और भी सुगम हो इसक लिए सरकार की ओर से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं महापौर नगर निगम शिमला के महापौर और उप महापौर के पद के लिए कोरम पूरा न होने के कारण आज चूनाव नहीं हो पाया अब ये चुनाव कल होगा कल चुनाव के लिए कोरम की जुरूरत नहीं होगी पूर्व निधारित कार्यकम के अनुसार इन दोनों पदों के लिए अढ़ाई साल की अवधि के लिए आज चुनाव होना था इसके लिए शहरी विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर आज निगम पार्षदों की बैठक बुलाई गई थी लेकिन कांग्रेस और सीपीएम के सभी पार्षद इस बैठक से गैर हाज़िर रहे

शिमला के विधायक व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जो कि नगर निगम के सहयोगी पार्षद भी हैं ने बाद में कहा कि भाजपा के पास बहुमत है ऐसे में भाजपा का ही महापौर और उप महापौर बनना तय है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को आध्रनिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए शिक्षण संस्थानों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है वीरेन्द्र कंवर आज तलाई स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने स्कूल के नवनिर्मित सांईस ब्लॉक का लोकार्पण भी किया बैठक ऊना ज़िला परिषद पंजाब से सटे ज़िले के सीमांत इलाकों में अपनी निधि से वाटर एटीएम स्थापित करेगी

बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने की उन्होंने कहा कि वाटर एटीएम उन सीमांत इलाको में स्थापित किए जाएंगे जहां पीने योग्य पानी की कमी है उन्होंने कहा कि जिले के अन्य इलाको में जहां साफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है वहां भी वाटर एटीएम लगाए जाएंगे